वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि यह कानून बनने से आर्थिक अपराधियों को भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद सरकार उनकी भारत में परिसम्पत्तियां कर्क कर सकेगी उन्होंने बताया कि एक अरब रुपये या इससे अधिक के आर्थिक अपराध इसके दायरे में आएंगे वित्तमंत्री ने बताया कि संसद के बजट सत्र के पांच मार्च से शुरू हो रहे दूसरे चरण में यह विधेयक लाया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजुरी दी गयी पिछले कुछ दिनों में बैंको में फर्जीवाडों और घोटालों के सामने आने तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा लेखाकारों के काम पर सवाल उठाये जाने के मद्देनजर यह फैसला महत्त्वपूर्ण है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि एनएफआरडीए लेखा पेशेवरों के लिए स्वायत्त नियामक निकाय होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी कंपनियाँ सुचीबद्ध और गैर सुचीबद्ध कंपनियाँ भी उसके दायरे में आयेंगी केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक हित में किसी अन्य कंपनी से जुड़ी जाँच का जिम्मा भी नियामक को सौंप सकती है

प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक सचिव तथा तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे

यह त्यौहार बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आज के दिन सभी लोग भेदभाव और मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाईयां दे रहे हैं सभी वर्गों के लोगों में इस त्योहार को लेकर उत्साह है पर्यटन विभाग की ओर से आज जयपुर में धुलण्डी उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विदेशी पर्यटकों के लिए होली खेलने की विशेष व्यवस्था की गई है लोक कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे वहीं विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गई है कई समाजों व संगठनों ने भी आमजन से पानी बचाने और सूखी होली खेलने की अपील की है होली पर संभावित हादसों को देखते हुए जयपूर के सवाईमान सिंह अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं राजसमंद में आज धुलण्डी के अवसर पर श्रीनाथद्वारा में परम्परा अनुसार बादशाह की सवारी निकाली जाएगी जो नगर भ्रमण कर मुख्य मंदिर तक पहुंचेगी

प्रसार भारती और जॉर्डन टीवी को ऑपरेशन तथा भारतीय जन संचार संस्थान और जॉर्डन मीडिया इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं

रेल मंत्रालय ने बताया कि ये राहत ऑनलाइन और टिकट काउंटर माध्यमों से टिकट ब्रक कराने वाले ग्राहकों को दी जायेगी

इससे रेलवे में डिजिटल और नकद रहित लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा

जनरल रावत ने यह बात कल नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टेडीज के वार्षिक सम्मेलन में कही